प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी घोषित

श्री चौहान कल सागर जिले के बमौरा में राज्य स्तरीय नगर विकास कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने सागर विकास प्राधिकरण और कर्रापुर को नगर पंचायत बनाने की घोषणा की

ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव गृहमंत्री भूपेन्द्र सिंह और सांसद लक्ष्मी नारायण यादव सहित कई अन्य जनप्रतिनिधि भी कार्यक्रम में मौजूद थे सीएम सहकारिता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में विकास योजनाओं के माध्यम से लोगों की जिंदगी बदलने का काम किया जा रहा है प्रदेश ने विकास की अनेक उपलब्धियाँ हासिल की हैं इनमें सहकारिता क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है मुख्यमंत्री श्री चौहान कल भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्षों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाएँ किसानों तक राज्य शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचाने में सहयोग करें सहकारिता राज्यमंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कृषि विकास के क्षेत्र में सहकारी संस्थाओं का बड़ा योगदान है पिछले वर्षों में प्रदेश की तकदीर और तस्वीर बदली है चुनाव तैयारी निर्वाचन आयोग के तीन वरिष्ठ अधिकारी कल सोमवार को भोपाल में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की प्रारंभिक तैयारियों की समीक्षा करेंगे

इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सलीना सिंह सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे

चुनाव बैठक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की संभावनाओं पर विधि आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ आज भी विचार विमर्श करेगा दो दिन की ये बैठक नई दिल्ली में कल शुरू हुई थी इस बैठक में सात राष्ट्रीय दलों और उनसठ राज्य स्तरीय दलों को आमंत्रित किया गया है आयोग ने एक साथ चुनाव संवैधानिक और कानून परिपेक्ष विषय पर एक मसौदा भी तैयार किया है जिस पर राजनीतिक दलों संविधान विशेषज्ञों अधिकारियों शिक्षाविदों और आम लोगों की राय मांगी गई है इसके बाद एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजी जाएगी

उन्होंने कल सीहोर में बच्चों ग्रामीणों महिलाओं और हितग्राहियों से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली तथा अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए राज्यपाल ग्राम जहांगीरपुरा के आँगनवाड़ी केन्द्र पहुंची जहां उन्होंने बच्चों से मुलाकात कर उनके भाषा ज्ञान और गिनती को जांचा उन्होंने गांव की किशोरियों और गर्भवती महिलाओं से शासन की योजनाओं में प्राप्त हो रही सुविधाओं टीकाकरण पोषण आहार आदि की जानकारी ली राज्यपाल ने उप स्वास्थ्य केन्द्र अमलाहा का निरीक्षण भी किया एनटीए परीक्षा नवगठित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नेट नीट और जेईई मेन जैसी परीक्षाओं का संचालन करेगी इन परीक्षाओं का संचालन फिलहाल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में कहा कि ये परीक्षायें कम्प्यूटर आधारित होंगी और चार से पांच दिन के अंदर संपन्न करा ली जाएंगी छात्रों को परीक्षा तिथि का चयन करने की छूट होगी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा दिसम्बर में और जेईई मेन की परीक्षा वर्ष में दो बार जनवरी और अप्रैल में आयोजित की जाती है जबकि नीट का आयोजन हर वर्ष फरवरी और मई में होता है छात्र अब इस परीक्षा में दोनों बार सम्मिलित हो सकते हैं

हितग्राहियों के पंजीयन के लिये पूरे प्रदेश में शिविर आयोजित किये जा रहे हैं सरल बिजली बिल स्कीम में शामिल होने के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं रखी गई है वितरण केन्द्रों में हितग्राहियों को लाभ देने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी भाजपा बैठक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पाटी सेवा का संकल्प लेकर काम कर रही है पार्टी का उद्वेश्य सरकार बनाकर सत्तासुख भोगना नहीं है बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय का सपना पूरा करना है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कल धार में जिला भाजपा पदाधिकारियों की बैठक में कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा ही एक मात्र पार्टी है जो कार्यकर्ताओं पर आधारित है इसका शीर्ष नेतृत्व भी अपने आपको कार्यकर्ता कहलाने में गौरव महसूस करता है प्रदेश कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है

मौसम मौसम विभाग ने प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में अगले एक सप्ताह अच्छी बारिश की संभावना जताई है इस बीच उज्जैन ग्वालियर चम्बल छतरपुर रीवा सतना सीधी पन्ना और उमरिया जिलों में अनेक स्थानों पर कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है

महिलाओं के लिए आठ वार्ड आरक्षित किये गये है